पार्टी प्रवक्ता सत्येन्द्र राघव ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी करेंगे घोषणा पत्र जारी होते ही कांग्रेस पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार और तेज कर देगी इसके लिये प्रदेशभर के नेताओं को संभागों पर नियुक्त कर दिया गया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट आज भरतपुर जिले के नगर उच्चैन बयाना और करौली जिले के हिण्डोन क्षेत्र में रोड शो और सभाएं करेंगे वहीं अशोक गहलोत भीलवाडा के गुलाबपुरा राजसमंद बूंदी के तालेडा तथा टोंक के दूनी में चुनावी रैली करेंगे इस बीच कांग्रेस नेता राजबब्बर उदयपुर और जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे उधर दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आज से दो दिन के दौरे पर रहेंगे वे यहां करौली नादोती कोटपूतली और बस्सी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इसके बाद वे कल नागौर के कुचामन सिटी सुजानगढ़ गंगानगर में भी सभाएं करेंगे मुख्यमंत्री वसुधरा राजे आज बकानी सुल्तानपुर खण्डार और मनिया में चुनावी रैलियां करेंगी प्रदेशभर में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता के लिये चलाये जा रहे सरगम सप्ताह के तहत आज भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं

बांसवाडा में गांधी मूर्ति चौराहा से मैराथन दौड लगाई गई इसमें शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया प्रतापगढ में सरगम सप्ताह के तहत आज आयोजित हुई मैराथन दौड में खिलाडी पुलिस लाईन के जवानों राजकीय कर्मचारियों शिक्षकों और आम लोगों ने हिस्सा लिया इससे पहले कल महिलाओं को ध्यान में रखकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया

इस बार विधानसभा चुनाव में सुगम मतदान थीम के तहत दिव्यांगों को मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है

प्रदेश में अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जायेगी राज्य सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया है सरकार द्वारा आश्वस्त करने के बाद न्यायाधीश संदीप लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खण्डपीठ ने इंटरनेट सेवाएं बंद करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया याचिका में कहा गया था कि इंटरनेट केवल पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के लिये बंद किया जा सकता है परीक्षाएं सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है

केन्द्र सरकार ने अरविन्द सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है

अलवर शहर के अरावली विहार क्षेत्र में कृषि उपज मंडी मोड़ पर कल प्याज से भरे एक ट्रोले ने मोटरसाईकिल सवार को टक्कर मार दी

इस बीच स्थानीय लोगों ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर विरोध जताते हुए जाम लगा दिया प्रतापगढ में मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण विशिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई अभियुक्त पर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया

कार्यक्रम में प्रदेश की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नीना निगम भाग लेंगी श्रोता उनसे इन्कम टेक्स से जुडी समस्याओं और रिटर्न ऑनलाईन जमा कराने में आ रही परेशानियों और रिफंड संबंधी जानकारी के लिये सीधे बात कर सकते है